दसवीं की परीक्षा र द्द

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही हण श्रोताओं से अपील हणकि कोई भी कोताही न बरतें

प्रधानमंत्री ने कहा कि विदयार्थियों की भलाई सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है पहली जुन को स्थिति की समीक्षा के बाद परीक्षा के बारे में फ्रसला किया जायेगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए फासला किया जाएगा

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी गरीब और वंचितों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि समाज के ग़रीब और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस से लड़ाई में हर संभव प्रयास कर रही है टेस्टिंग के साथ ही वक्ष्सीनेशन को भी बढ़ाया गया है

सभी तेरह अखाड़ों की पेशवाई बड़े ध्मधाम से निकली और अपने निर्धारित समय और क्रम के अन्सार हर की पट्टी पर स्नान किया

हालांकि हर की पद्मी पर कल रात से ही लोगों ने स्नान श्रू कर दिया था

शाही स्नान को लेकर प्रशासन ने प्ख्ता बंदोबस्त किये

कई संत और श्रद्धाल् कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं

जो लोग बाहर से थे रहे हैं उनकी बॉर्डर पर जांच की जा रही है जिनके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उन्हें बॉर्डर से ही वापस भेजा जा रहा हा हरिदवार के अंदरूनी इलाकों में जगह जगह बप्रिकेड़स लगाकर लोगों के शहर में भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था

साथ ही एक कर्मठ समाज सुधारक भी थे राज्यपाल ने कहा कि यूवाओं को बाबा साहेब की प्स्तकें पढ़नी चाहिये उनके विचारों से और उनके जीवन चरित्र से य्वाओं को प्रेरणा मिलेगी

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में भारत रत्न डॉ भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर प्रष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी उन्होंने कहा कि डॉ अम्बेडकर ने सामाजिक असमानता को दूर करने और वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया

इस अवसर पर शोभायात्रा भी निकाली गई

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस अनुज संघल की ओर से जारी अधिसुचना में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की जाने वाली सुनवाई के लिए दिशा निर्देश जारी कर उनका कड़ाई से पालन करने को कहा गया है

कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं और वादियों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा अधिवक्ता जरूरी मुकदमों की सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट परिसर के बाहर लगे इॉप बॉक्स में डालेंगे जिसका मुल्यांकन जिला न्यायाधीश करेंगे और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे

साथ ही कहा ह कि कोई भी कर्मचारी बिना मास्क पहने कोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं करेगा कर्मचारियों की कोर्ट के गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी वहीं हाईकोर्ट को इस हफ्ते सम्रिटाइजेशन के लिये बन्द किया गया है र म जा न रमजान का पवित्र महीना श्रू होने पर प्रधानमंत्री ने श्भकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा है कि रमजान जरूरतमंद और वंचितों की सेवा करने का संदेश देता हप उन्होंने कहा कि इससे समानता भाईचारा और करुणा की भावना मजबूत होती हप नमाजियों ने कल रात कोविड निर्देशों का पालन करते हुए सीमित स्तर पर विशेष नमाज तरावी अदा की जिन राज्यों में लॉकडाउन है और जहां कर्फ्यू लगे हुए हैं वहां लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की कई मौलवियों और विदवानों ने लोगों से रमजान के दौरान सरकार दवारा जारी कोविड नियमों और मानकों का पालन करने की अपील की है